नीति आयोग के सदस्य डॉ विनोद कुमार पॉल के नेतृत्व वाले इस दल ने सुबह जयपुर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति की सर्मोक्षा की इस दल ने जोधपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति और उसके रोकथाम की भी अलग से समीक्षा की है दल के सदस्यों का शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने का कार्यक्रम है यह दल आज शाम दिल्ली लौट जायेगा

सीकर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कोरोना संकमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कल से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया है शाम सात बजे शहर के बाजार बंद हो जाते हें केन्द्र सरकार ने कहा है कि नए कृषि कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा और एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी ये कानून किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए एपीएमसी मार्केट यार्ड के बाहर अतिरिक्त व्यापारिक अवसर पैदा कर रहे है केन्द्र ने कहा है कि नए कृषि कानूनों को लेकर देश में कई भ्रांतियां फैलाई जा रही है जबकि सही तथ्य यह है कि इन कानूनों के लागू होने से किसानों को फसल के मूल्य गारंटी की सुविधा होगी और किसी कारण से उन्हे मूल्य भुगतान नहीं होने पर जुर्माने का प्रावधान भी होगा वहीं न्यूनतम खरीद मूल्य की संरचना पर इन कोनूनों का कोई असर नहीं होगा श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ थर्मल पावर संयंत्र की सातवीं इकाई में बिजली उत्पादन शुरू हो गया है

उदयपुर में हेलीकॉप्टर के जरिए जॉय राइड का शुभारंभ किया गया है इसके तहत पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से फतेह सागर सज्जनगढ़ करणी माता चीरवा टनल और लाभगढ़ होकर पृण्य प्रताप गौरव केंद्र दिखाया जाएगा इसके लिए रानी रोड संजय पार्क के पास नया हेलीपैड बनाया गया है

आज कुछ स्थानों पर तापमान में कमी आई है वहीं कुछ जगहों पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है